इसमें स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन विदेश मंत्री एस जयशंकर गृह राज्यमंत्री जी किशन रेड्डी और नागरिक उड्डयन मंत्री हरदीप पूरी शामिल हैं संसद के बाहर पत्रकारों से बात करते हुए जी किशन रेड्डी ने कहा कि कार्यदल की आज बैठक होगी जिसमें इस वायरस से निपटने के लिए सभी उपायों पर चर्चा की जाएगी इस बीच केरल में कोरोना वायरस के तीसरे मामले की पुष्टि हई है वायरस से संक्रमित मरीज को अस्पताल के अलग वॉर्ड में रखा गया है स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा है कि मरीज की हालत स्थिर है और उसकी बारीकी से निगरानी जा रही है इस रोगी ने चीन की यात्रा की थी

इनमें से अभी तक एक भी मामले की पुष्टि नहीं हुई है स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव रोहित कुमार सिंह ने आज वीडियो कांफ्रेसिंग के माध्यम से सभी मेडिकल कॉलेजों के प्रमुखों तथा मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारियों से चर्चा कर इस रोग के बारे में जन जागरूकता लाने के निर्देश दिए

चिकित्सा विशेषज्ञों का कहना है कि हाथ साफ करने और खांसते समय टिश्यू पेपर या रूमाल जैसे आसान एहतियात बरत कर कोरोना वायरस के संक्रमण से बचा जा सकता है

सहकारिता रजिस्ट्रार नीरज के पवन ने बताया कि राज्य के हर जिले में कम से कम एक ग्राम सेवा सहकारी समिति में सहकारी क्षेत्र की कृषि प्रोसेसिंग यूनिट स्थापित की जाएगी उन्होंने बताया कि सरकार कृषि प्रसंस्करण उद्योगों को बढावा देकर किसानों की आय में बढोतरी करना चाहती है

इन पीओएस मषीनों द्वारा वाहनों के चालान का जुर्माना मौके पर ही तत्काल भरा जा सकेगा तथा आमजन के समय व श्रम की बचत होगी साथ ही चालानों की संख्या व राषि का तत्काल पता चल सकेगा

श्री मिश्र ने इन बच्चों से बातचीत में उन्हें द्रढ निश्चय के साथ आगे बढने की सलाह दी श्री मिश्र ने बच्चों का परिचय लिया और उनसे जयपुर के ऐतिहासिक स्थलों को देखने की अपील की

यह गणना नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथोरिटी के निर्देशों के तहत की जा रही है

हालांकि दिन में सूरज की तपिश से लोगों को राहत मिल रही है